केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और मारत सरकार के बीच कल नई दिल्ली में हुए एक समझौते बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने उम्मीद जतायी कि नयी जलविद्युत नीति की घोषणा एक महीने के अंदर हो जाएगी इसके लिए सभी सम्बन्धित पक्षों से बातचीत हो गयी है जलविद्युत परियोजनाओं में व्यवाहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए नीति में काफी बदलाव किया जाएगा उन्होंने यह भी बताया कि संकट में फंसी ताप विद्यत परियोजनाओं को उबारने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने एक प्रस्ताव पेश किया है

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड का डिजिटलीकरण होने जा रहा है श्री ओराम र्ई ट्राइब्स इंडिया को सार्वजनिक रुप से जारी करेंगे इस अवसर पर वेबसाइट ट्राइब्स इंडिया ट्राइफेड और एम कॉमर्स ऐप भी जारी किये जाएगें इसके अतिरिक्त इस अवसर पर अमेजन स्नैपडील पेटीएम तथा जीईएम पर ट्राइब्स इंडिया के बैनर भी जारी होंगे खुदरा कारोबार के लिए ट्राइफेड की पुस्तिका और ट्राइफेड की तिमाही पत्रिका ट्राइब्स हाट का भी विमोचन किया जाएगा

समारोह के तहत जयपुर में लघू फिल्म महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा

इससे पहले कल राजस्थान दिवस के सिलसिले में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के तहत जयपुर में प्रसिद्ध कत्थक नृत्यांगना रोशन दात्ये की प्रस्तृति से दर्शक अभिभूत हो गये पर्यटन विभाग और जयपुर कथक केन्द्र की ओर से आयोजित कथक महोत्सव का श्रभारम्भ गणपति वन्दना की मनोहारी प्रस्तूति से हुआ इस मौके पर पदम विभूषण पंडित बिरजू महाराज ने कृष्ण लीला की विभिन्न अद्मुत मुद्राए पेश की इघर उदयपुर में राजस्थान दिवस के अवसर पर आज से रंगारंग कार्यकम प्रस्तुत हो रहे हैं जो चार दिनों तक चलेंगे

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि हरियाणा के रोहतक में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित तीसरी एग्रीलीडरशिप समिट में तीनों प्रदेशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया

रविवार को रामनवमीं के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान हुए विवाद के बाद बूंदी शहर में तनाव हो गया था इसके चलते राम जन्मोत्सव सभिति के आहवान पर शहर के बाजार आज बंद हैं बूंदी के साथ ही तालेडा कस्बे में मी बंद का असर देखा जा रहा है

जांच के दौरान घटना से जुडे सरकारी विभागों पेट्रोलियम कम्पनियों और अधिकारियों के साथ ही आम लोगों के बयान भी दर्ज किये गये